स्कूल चले प्रदेश में आज से स्कूल चले अभियान आरंभ हो गया है इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने झाबुआ के उत्कृष्ट विद्यालय से स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों से भी अपील की है कि वे शिक्षा को रोचक बनाये और स्कूलों में ऐसा वातावरण निर्मित करें कि बच्चों में पढ़ने की रूचि जाग्रत हो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश आकाशवाणी के जरिए प्रसारित किया जायेगा वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी रायसेन जिले के दीवानगंज सलामतपुर और सांची में स्कूल चले हम अभियान के तहत आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने छात्राओं को साईकिल तथा किताबें वितरित की इस अवसर पर डॉ चौधरी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है देवास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सभी स्कूलों में आज प्रवेश उत्सव शाला प्रबंधन समिति की बैठक और विशेष बालसभा का आयोजन किया गया वहीं सीहोर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री आरिफ आकील ने छात्र छात्राओं को पुस्तकें और सायकल वितरित की

बैतूल सागर शिवपुरी नरसिंहपुर जबलपुर सिवनी छतरपुर अनूपपुर खंडवा बुरहानपुर आगरमालवा नीमच उज्जैन सीहोर रायसेन ग्वालियर सतना रीवा अशोकनगर बड़वानी झाबुआ भिंड मुरैना सहित विभिन्न जिलों से स्कूल चले अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जल संकट चर्चा मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो पानी का अधिकार यानी राइट टू वॉटर देगा भोपाल में जल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने यह जानकारी दी श्री पांसे ने कहा कि पानी का अधिकार कानून बनाने के लिये कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ शिक्षाविद् और कानून विशेषज्ञों के सुझावों पर मंथन के बाद इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर कानून का रूप दिया जा जायेगा कार्यशाला में प्रख्यात जल शास्त्री राजेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पानी के अधिकार को कानूनी दर्जा देने के लिये क्रांतिकारी कदम उठाया है उन्होंने जल साक्षरता अभियान चलाकर आम लोगों को जाग्रत करने की जरूरत बताई

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जल संरक्षण संवद्वर्न और प्रबंधन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये जिले में भी यह सम्मेलन किये जा रहे हैं एयर स्ट्राइक वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना का कोई विमान भारत के हवाई क्षेत्र में नहीं घूस पाया था

इसके बाद पाक के विमान भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए आए लेकिन नाकाम रहे

इस दौरान ग्वालियर ऐरबेस पर लड़ाकू विमानों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया

जबलपुर अपर कलेक्टर डॉ फंटिंग राहल हरिदास को रोजगार गारंटी परिषद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है सिंगरौली जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्रा को जबलपुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट संदेश के जरिए रानी दुर्गावती को नमन किया है अपनें संदेश में श्री नाथ ने उन्हें साहस और वीरता की मिसाल बताते हुये त्याग और ममता की मूर्ति भी कहा वहीं इस अवसर पर आज जबलपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये

इसके बाद भी वह अक्सर जेल में आता जाता रहता था शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि जेल में रहते हुए ही इन सभी ने मिलकर जेल से भागने की साजिश रची थी

गौरतलब है कि रविवार तड़के चार सजायाफ्ता कैदी नीमच जिला जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे कलेक्टर ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिया है

घायलों को शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जा रहा है कि ये लोग घर बनाने के लिए खदान पर मिट्टी लेने गए थे

मंडला छिंदवाड़ा और खंडवा में सुबह से बारिश जारी है मौसम विभाग के मुताबिक अनुकूल परिस्थितियों की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है

मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी भोपाल में यह एक दो दिन के भीतर पहुंच सकता है इंदौर में भी मानसून पूर्व की बारिश हुई पिछले चौबीस घंटों में इंदौर संभाग के झाबुआ शहडोल जबलपुर संभाग में नौगांव सिंगरौली हनुमना में प्री मानसून की वर्षा हुई मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह तक उज्जैन नीमच रतलाम शाजापुर देवास मंदसौर आगरमालवा इंदौर धार खंडवा खरगौन अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी और बुरहानपुर में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है